प्रदेश में दस लाख पन्द्रह हजार से अधिक कोविड टीके दिये गये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

विधान सभा में राजद के मुकेश रौशन ने इस मामले को उठाया जबकि इसी पार्टी के सुबोध कुमार ने विधान परिषद् में इस मुद्दे को उठाया विधान परिषद् में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने माना कि मृत चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाना एक गंभीर मामला है और इसमें संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस गलती के लिए जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी इधर स्वास्थ्य विभाग ने गलती में सुधार करते हुए जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डाक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को शेखपुरा का सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया है शेखपुरा के निवर्तमान सिविल सर्जन डाक्टर वीरकुंवर सिंह को पूर्णिया भेजते हुए वहां उन्हें क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया है गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने तबादले के क्रम में राम नारायण राम को सिविल सर्जन बनाने का आदेश जारी किया था जबकि फरवरी महीने में ही उनकी मृत्यू कोविड संक्रमण से हो गयी थी

राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए भुगतान का फैसला इसी वर्ष किया जायेगा उन्होंने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से सैंतीस हजार करोड रूपये की बचत हुई जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है कल एक दिन में बीस लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक दो करोड तीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है मंत्रालय ने बताया है कि साठ वर्ष से अधिक आयु वाले तैंतालीस लाख चौहत्तर हजार से अधिक लोगों को तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सात लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चूका है देशव्यापी टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी से शुरू किया गया था और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दो फरवरी से टीका लगाया गया कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ जिसमें साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है इधर बिहार में भी कल रिकॉर्ड एक लाख तिहत्तर हजार एक सौ तैंतीस लोगों को कोविड का टीका लगाया गया इसमें एक लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं प्रदेश में अब तक दस लाख पन्द्रह हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सात लाख अंठानवे हजार लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गयी है वहीं दो लाख सत्रह हजार से अधिक लाभार्थियों को टीके की द्रसरी खुराक दी गयी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना योगदान देगा डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए बुज़ुर्गों का रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी अभियान चलायेगी उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण केन्द्रों पर तैनात होकर टीका लगाने की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनायेंगे एम्स के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि कोविड का टीका आ जाने के बावजूद लोगों को मास्क लगाने और अन्य सावधनियों का पालन करना बहुत जरूरी है

पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौरासी प्रतिशत से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक आठ हजार सात सौ चौवालीस मामले सामने आये इसके बाद केरल में एक हजार चार सौ बारह जबकि पंजाब में एक हजार दो सौ उनतीस नये मामलों की पुष्टि हुई

विधानसभा में एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर वित्तीय गबन और रिश्तेदारों की अवैध बहाली का आरोप है प्रदेश में आयुष्मान भारत पखवाडा की तारीख इकतीस मार्च तक बढा दी गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक अटठाइस लाख से अधिक परिवारों और लगभग साठ लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं विधान सभा में आज राज्य के तीन विश्वविद्यालयों वीर कुंवर सिंह आरा मगध विश्वविद्यालय बोधगया तथा मिथिला यूनिवर्सिटी की जमीन दूसरे संस्थानों को देने का मुद्दा उठा प्रश्न काल के दौरान सीपीआई माले के संदीप सौरभ ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की जमीन कहीं मेडिकल कालेज तो कहीं आईआईएम को दे दिया गया है जबकि मिथिला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र बंद कर दिया है इससे विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्टर कम हुआ है माले विधायक ने कहा कि इससे विश्वविद्लय की नैक ग्रेडिंग भी प्रभावित हुई है सीपीआई माले के ही अजीत कुमार सिंह ने कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र जमीन को दूसरे संस्थान को दिये जाने का विरोध कर रहे हैं इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इससे विश्वविद्यालय के यूजीसी से मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधान सभा में कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दो सौ सत्तर अंगीभूत कॉलेज में से नब्बे को यह मान्यता मिल चुकी है राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव के एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों को यह मान्यता दिलाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र लिखाकर दिशा निर्देश जारी किये हैं विभाग के प्रशासनिक निदेशक सुशील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को आधिकारिक पत्र लिखकर कहा है कि बिना अवकाश या अनुमति के विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलना अनुशासहीनता माना जायेगा और ऐसे शिक्षकों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बादल छाये रहे उन्होंने कहा कि प्रति चक्रवात के कारण बारह मार्च के बाद राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है

लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने मिलकर शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है विधान सभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि शराबबंदी चुनौती जरूर है लेकिन सरकार इसे लेकर संकल्पबद्ध है श्री कुमार ने कहा कि जिस गोदाम में हाल में शराब की बड़ी खेप मिली थी वहां पुलिस थाना खोलने की योजना है मध्रबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय में पदस्थापित एक कर्मी महेश कुमार झा को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने तीन हजार तीन सौ रूपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर वनकटवा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार के एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार तीन युवकों की मृत्यु हो गयी शिवहर के गांधी नगर भवन में मेगा ऋण शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं के तहत बाईस करोड़ रूपये से अधिक का ऋण बांटा गया शिविर का श्रभारंभ जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर ने किया अरवल जिले में बीस मार्च तक चलाये जा रहे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत छह से चौदह वर्ष के बच्चों का कक्षा एक से नौ तक में नामांकन के लिए जागरूकता प्रभातफेरी निकाली गयी जिला पदाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने समाहरणालय परिसर से एक प्रचार रथ भी रवाना किया

प्रदेश में दस लाख पन्द्रह हजार से अधिक कोविड टीके दिये गये